मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस वर्चुअल कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा कैलाश चौधरी और कई सांसद तथा विधायक शामिल हुए

कार्यक्रम में श्री गडकरी ने एक हजार करोड़ के नये राजमार्ग स्वीकृत करने की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार सांसदों और विधायकों के प्रस्तावों का परीक्षण कर मंत्रालय को भिजवाये

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से राज्य के पूर्वी जिलों में विकास को गति मिलेगी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक्सप्रेस वे और भारतमाला जैसी परियोजनाएं ऐतिहासिक हैं श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की हाई वे परियोजनाएं राजस्थान के लिए मुफीद रहेंगी

श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सहित छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे

भाजपा के सभी बड़े नेता विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया आमेर ब्लॉक की एक पंचायत पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेगें आज पत्रकारों से बातचीत में डॉ पूनिया ने कहा कि सभी ब्लॉक पर किसान तथा भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेंगे

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि ये कृ षि सुधार काफी समय से लंबित थे कृषि मंत्री ने कहा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण कृषि सुधार हैं जिन्हें पिछले पांच वर्षो में शुरू किया गया है और कृषि क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों ने इन सुधारों की हमेशा से सिफारिश की है

इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिये आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा है कि इन यात्रियों में इस वायरस के नए लक्षणों की पहचान अभी की जानी है

क्रिसमस के मौके पर सरकार की तरफ से भी विशेष गाइडलाइन जारी की गई है अजमेर के डायसिस ऑफ राजस्थान के बिशप दरबारा सिंह ने बताया कि इस बार चर्च में होने वाली प्रार्थना को देखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिसे सभी समुदाय के लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से प्रार्थना सभा में शामिल हो पाएंगे

क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर छुट्टियां बिताने के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं जैसलमेर माउंटआबू रणथम्भौर उदयपुर तथा जोधपुर कोरोना के बावजूद इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है

हालांकि ठंडी हवाएं चलने से तेज सर्दी का असर बरकरार है मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में पारा कल के मुकाबले बढ़कर एक डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया